राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद गुरुवार तीस मई को नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में शाम सात बजे होगा राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से यह जानकारी दी गई है जदयू पहली बार मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेगा इससे पहले नरेन्द्र मोदी ने केन्द्र में नई सरकार के गठन का दावा किया था बाद में भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को आश्वस्त किया कि नई सरकार उनके सपनों और अपेक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़गी उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में सरकार तेजी से काम करना शुरू कर देगी और एक सेकेंड भी व्यर्थ नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि हमारा मंत्र सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास है इससे देश के सभी क्षेत्रों के विकास का संकल्प प्रदर्शित होता है

हम उनके लिए भी हैं जिनका विश्वास हमें जीतना है हम उनके लिए भी है मेरे क्षेत्र का सर्वागीण विकास और तमी तो सबका साथ सबका विकास ये मंत्र पूरे विश्व ने स्वीकार किया है और इसलिए जन प्रतिनिधि से मेरा आग्रह जन प्रतिनिधि के नाते मानवीय संवेदनाओं के साथ हमारा कोई पराया नहीं हो सकता है इससे पहले श्री मोदी को भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एन डी ए का नेता चुना गया संसद के केन्द्रीय कक्ष में एनडी ए की बैठक में नव निर्वाचित सासंद और वरिष्ठ नेता उपस्थित थे बैठक में एनडीए नेताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमारे काम के बल पर जनता ने हमें स्वीकार किया है उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्र कठिन परिश्रम और ईमानदारी का सम्मान करता है और इसके लिए पुरस्कृत करता है और यही देश की शक्ति है

ये देश परिश्रम की पूजा करता है ये देश ईमान को सिर पर बैठाता है और यही इस देश की पवित्रता है नरेन्द्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत में यह पहला अवसर है जब इतनी बड़ी संख्या में महिला सांसद चुनकर आई हैं और ये महिला सशक्तिकरण से ही संभव हुआ है

इस बार हमने वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और भारत की आजादी के बाद पार्लियामेंट में इतनी बड़ी तादाद में महिला एमपी बैठने की ये पहली घटना हुई है ये अपने आप में बहुत बड़ा काम हमारी मातृ शक्ति के द्वारा हुआ है भारतीय जनता पार्टी नेता श्री मोदी ने कहा कि बड़े जनादेश से जिम्मेदारी भी बढ़ी है और एन डी ए एक नई यात्रा की शुरूआत कर रहा है उन्होंने कहा कि ऊर्जा और समन्वय एन डी ए की दो प्रमुख विशेषताएं हैं और सभी दलों को कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना होगा उन्होंने कहा कि किसी के साथ धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और हमें किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना श्री मोदी ने कहा कि इससे पहले अल्पसंख्यकों की अनदेखी की गई और उनका इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया गया हमें उनका विश्वास जीतना है लोकसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को विश्व के नेताओं की ओर से बधाई का सिलसिला जारी है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कतर के अमीर शेख तामिम बिन हमद अल थानी जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे सहित विश्व के कई नेताओं ने श्री मोदी को फोन कर बधाई दी है श्री मोदी ने क्राउन प्रिंस को गर्मजोशी से सम्मानित करने के लिए धन्यवाद दिया और भारत के लोगों के साथ उनकी बहुमूल्य मित्रता और दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को आगे बढ़ाने में व्यक्तिगत रुचि के लिए उनकी सराहना की प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए जर्मनी की चांसलर मर्केल ने दोनों देशों के बीच प्रगाढ होते संबंधों का उल्लेख किया और आपसी हितों के क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने भी मजबूत जनादेश के लिए श्री मोदी को बधाई दी श्री मोदी ने शुभकामनाएं देने और फोन करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से उनके निवास पर मूलाकात की श्री नायडू ने एनडीए के नेता और प्रधानमंत्री पद के लिए चूने जाने पर उन्हें बधाई दी दोनों नेताओं के बीच संसदीय संस्थाओं को विकास को तेज करने और उन्हें मजबूत बनाने सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई रालोसपा से अलग हुए गुट के दो विधायकों सहित तीन लोगों ने अपनी पार्टी का विलय जदयू मे कर दिया है विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने इन्हें अपनी मान्यता भी दे दी है रालोसपा के विधायक ललन पासवान और सुधांशु शेखर सहित गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए विधान परिषद के सदस्य संजीव श्याम ने जदयू का दामन थाम लिया है गौरतलब है कि रालोसपा के दोनों विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा से मतभेद के बाद अलग गुट बना लिया था लोकसभा के साथ बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों में भी अब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का कोई भी सदस्य नहीं रह गया है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नई दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात की इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जदयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद खान भी मौजूद थे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार ने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण से पहले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त तेवर दिखाते हुए जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को विदेश भागने से रोक लिया गोयल पर नौ भारतीय बैंकों का छह हजार करोड़ रुपये का कर्ज है श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में विजय माल्या नीरव मोदी जैसे भगोड़ों के खिलाफ सख्ती की थी नौ हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेकर भागने वाले माल्या की तेरह हजार करोड़ रूपये की सम्पत्ति अब तक जब्त की जा चुकी है और नीरव को लंदन में गिरफतार कराया जा चुका है उन्होंने कहा कि माल्या और नीरव को जल्द ही प्रत्यर्पण कर भारत लाया जाएगा श्री मोदी ने पूछा है कि जो लोग माल्या और नीरव के विदेश भागने पर शोर मचा रहे थे वे गोयल दम्पती को भागने से रोकने पर चुप क्यों हैं निर्यातकों के लिए जीएसटी प्रक्रिया सरल बनाने और उसमें तेजी लाने के लिए वित्त मंत्रालय कदम उठाने की तैयारी में है इसके तहत जीएसटी रिफंड की मंजूरी और प्रसंस्करण दोनों काम एक ही व्यवस्था या प्राधिकरण करेगा वित्त मंत्रालय से जुडे एक अधिकारी ने यह जानकी दी है मौजूदा व्यवस्था में केंद्र और राज्य कर अधिकारियों दोनों से रिफंड की मंजूरी की जरूरत होती है लेकिन अगस्त में इस व्यवस्था में बदलाव हो सकता है इसके बाद दो की जगह एक ही प्राधिकरण जीएसटी रिफंड की मंजूरी और उसके प्रसंस्करण का काम करेगा राज्य के कुछ जिलों में आज भूकम्प के हल्के झटके महसूस किए गए भागलपुर मुंगेर जमुई बांका और मधेपुरा सहित कुछ जिलों में सुबह दस बजकर चालीस मिनट पर आए भूकम्प से कुछ देर के लिए लोगों में अफरातफरी मची रही रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता चार दशमलव आठ मापी गयी पड़ोसी राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ स्थानों पर भी भूकम्प के झटके महसूस किए गए भूकंप का केंद्र पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में था हालांकि कहीं से भी जान माल के नुक्सान की कोई खबर नहीं है राज्य में चल रही पुरवैया हवा के बावजूद लोगों को भीषण गर्मी से अभी तक राहत नहीं मिली है आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान गया रहा जहाँ का अधिकतम तापमान बयालीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं राजधानी पटना का अधिकतम तापमान बयालीस डिग्री सेल्सियस रहा मौसम विभाग ने राज्य में दस जून से मॉनसून पूर्व बारिश का अनुमान व्यक्त किया है पंडित दीनदयाल रेलखंड के दानापुर स्टेशन पर अठाईस मई से उन्नीस जून तक रूट रिले इंटरलॉकिंग के कार्य की वजह से दानापुर के रास्ते पटना होकर जाने वाली दिल्ली हावड़ा रूट की एक दर्जन से अधिक ट्रेनों को रद्द किया गया है वहीं कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने की घोषणा की गई है